यह विधेयक इस वर्ष मार्च में लाये गये अध्यादेश का स्थान लेगा और इसमें नियमों के उल्लघंन पर कड़े दंड का प्रावधान है

आर एस पी के एन के प्रेमचंद्रन ने इस विधेयक का विरोध किया और कहा कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लघंन है और निजी संस्थाओं का डाटा रखने की अन्मति प्रदान करता है इन चिंताओं को निराधार बताते हये श्री प्रसाद ने कहा कि आधार राष्ट्र हित में है और यह किसी की निजता का उल्लंघन नहीं करता उन्होंने कहा कि सिम कार्ड आधार और उसके बिना भी लिये जा सकते है यह विधेयक बैंक खातों को खोलने और मोबाइल फोन कनैक्शन लेने के लिये आधार के स्वैच्छिक उपायोग की अनुमति देने का प्रावधान करता है विदेश मंत्री डा एस जयशंकर ने कहा है कि पासपोर्ट सेवाओं में पांच साल से चल रहे क्रांतिकारी बदलाव इसी तरह जारी रहेंगे नई दिल्ली में सातवें पासपोर्ट सेवा दिवस पर आयोजित एक समारोह को सम्बोधित करते हये डा जयशंकर ने कहा कि उनका मंत्रालय स्रक्षा सम्बधी चिंताओं पर समझौता किये बिना ही पासपोर्ट जारी करने के नियम और प्रक्रिया सरल बनाने पर ध्यान केन्द्रित करता रहेगा उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा लोगों को पासपोर्ट सेवाओं के वितरण तंत्र में बदलाव के लिये विभिन्न पहले की गई है

सरकार ने खेलो इंडिया में भागीदारी के लिये खिलाब्रियों के चयन के लिये विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया कायम की है

इसी तरह पहचाने गये खिलाड़ी भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की अध्यक्षता वाली उच्चधिकार प्राप्त कमेटी की स्वीकृति दवारा योजना के लिये अंतिम दौर पर चूने जाते है खेल एवं युवा मामलों बारे मंत्री किरण रिजिजू ने राज्य सभ में कहा कि खिलाडियों का चूनाव राज्य सरकारों द्वारा तय प्रक्रिया के आधारपर किया जाता है जिसमें भारतीय नागरिकों की विद्यालय खेल संघ और राष्ट्रीय खेल संघ अथवा सीबीएससी दवारा नामजदगी और वाईल्ड कार्ड एंट्री शामिल है पूर्व सांसद एवं जन नायक जनता पार्टी के नेता द्ष्यंत चौटाला ने कहा है कि उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत विकल्प बन कर उभरी है और कांग्रेस प्रेदश के राजनीतिक मानचित्र से लूप्त हो गई है वे सिरसा में आज कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत रहे थे दृष्यंत चौटाला ने आज कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ जन जन तक पहंचने का आहवान किया और आरोप लगाया कि सरकारी नौकरियों बिना किसी तैयारी के निकाली जा रही है उन्होंने साठ हजार नौकरियां देने के सरकार के दावे को गलत बताते हये कहा कि वे इस मामले पर मुख्यमंत्री के साथ बहस के लिये तैयार है उन्होंने सरकार से नौकरियों के मामले मे श्वेत पत्रजारी करने की मांग भी की और पानी के बिलों में बेहताशाह वृद्वि और महंगाई बढ़ाने का आरोप भी लगाया शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा है कि विधानसभा चुनावों में किसी भी विधायक की टिकट नहीं कटेगी उन्होंने टिकट कटने की चर्चाओं को मीडिया की उपच बताया वो भिवानी कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहंचे थे इस दौरान शिक्षा मंत्री प्लिस व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त दिखे और उन्होंने एक एएसाई के खिलाफ अदालत के माध्यम से मामला दर्ज करने और नगर पालिका कर्मचारियों पर मिलीभगत के आरोप में उपाय्क्त को कार्यवाई के निर्देश दिए

उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे जो समापन सत्र के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे

बैठक में पंजाब राजस्थान हिमाचल प्रदेश जम्म् और कश्मीर उत्तराखंड उत्तरप्रदेश दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्लिस प्रम्ख भाग लेंगे

हरियाणा प्लिस महानिदेशक दवारा अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ तैयार किए गए एंजेडा का जिक्र करते हुए कानून व्यवसथा के प्रभारीअतिरिक्त प्लिस महानिदेशक श्री नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि बैठक के आयोजन का मुख्य उददेश्य पडौसी राज्यों के साथ चर्चा और साझा किए जाने वाले अन्य प्रमुख विषयों में उतरी क्षेत्र में समग्र नषा परिदृश्य का अवलोकन ख्फिया जानकारी का साझाकरण नशा तस्करों का अंतर राज्य डेटा बेस तैयार करना और एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभावी प्रवर्तन शामिल है साध्वी यौन शोषण और छत्रपति हत्याकांड में सज़ा काट रहे डेरा प्रम्ख ग्रीमीत राम रहीम द्वारा कृषि कार्यो के लिये मांगी गई पेरोल को लेकर प्लिस व प्रशासन ने स्रक्षा व्यवस्था और कृषि भूमि का ब्यौरा जुटाने की प्रक्रिया श्रू कर दी है सिरसा से हमारे संवाददाता अमित तिवारी ने बताया कि एस पी अरूण सिंह ने विशेष जांच टीम सहित सदर और सिटी एस एच ओ को रिपोर्ट तौर करने की अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी है बाद में विशेष जांच टीम यानि एसआईटी पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष तैयार कर एस पी को सौंपेगी क्यंकि एसआईटी डेरे से सम्बदव मामलों की जांच कर रही है ऐसे में एसआईटी ने राजस्व विभाग को डेरा सच्चा सौदा और डेरा प्रम्ख की कृषि का रिकार्ड उपलब्ध कराने को भी कहा है हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजस्व विभाग ने डेरे की जायदाद के रिकार्ड को खंगालना श्रू कर दिया है

उपायुक्त को लिखे पत्र में कैदी ग्रमीत सिंह का आचरण अच्छा बताया गया है जिला प्रशासन को पेरोल को लेकर अपनी अन्शंसा भेजनी है इसलिये प्रशासन गंभीरता से आंकलन करना चाहता है कि डेरा प्रम्ख की पेरोल की अनुशंसा की जांच या नहीं हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में त्र्टियों को लेकर एच॰ सी॰ एस परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों ने आज पंचकूला स्थित हरियाणा लोक सेवा आयोग के कार्यालय के समक्ष धरना दिया

जो कि सीधे सीधे कॉपीराइट एक्ट का उल्लघंन ा है प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से आये परीक्षार्थियों ने डिप्टी सेक्रेटरी प्रधमन सिंह को अपनी मांगों के सम्बध में ज्ञापन दिया इस अवसर पर परीक्षार्थी श्वेता ने कहा कि परीक्षार्तियों की म्ख्य मांग है कि जो हाल में एच॰ सी ॰ एस की परीक्षा ली गयी है वो रदद की जाये

हरियाणा के जनस्वास्थय अभियान्त्रिकी मंत्री डा बनवारी लाल ने कहा कि जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पंचायत स्तर पर जल सरंक्षण अभियान को शुरू करने पर विचार कर रहा है तोकि से लोगों को जल सरंक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके